पाकिस्तान की शह प्राप्त आतंकवादी संगठन जैश ए मोहमप्रद दवारा वायू सेना के ठिकानों पर आत्मघाती हमले की योजना सम्बधी खुफिया एजेंसियो से मिली जानकारी के बाद पंजाब में वाय्सेना के ठिकानों पर चौकसी बढ़ा दी है भारतीय वाय्सेना के पठानकोट और जम्मू कश्मीर स्थित अपने ठिकानों पर ज्यादा चौकसी बरतने और वरिष्ठ अधिकारियों को अपने अपने स्थानों पर सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करने के लिए कहा है पंजाब के बस अड्डो और रेलवे स्टेशनों पर आने जाने पर नज़र रखी जा रही है और तलाशी भी ली जा रही है पंजाब के म्ख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दवारा केन्द्र को पाकिस्तान द्वारा राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन से हथियार फैंकने बारे लिखे पत्र के जवाब में आज केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना वाय् सेना और थल सेना के जवान देश की सुरक्षा के सामने आने वाली किसी भी च्नौती का सामना करने और इसे ना कामयाब करने में सक्षम है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय रक्षा बल राष्ट्र के सामने जो भी चुनौतियां है उनका सामना करने के लिए तैयार है उन्होंने आज चेन्नई बदंरगाह में समुद्री गश्ती पोत वराह को भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल किया

इस अवसर पर बोलते हुये रक्षा मंत्री ने कहा कि तटीय सुरक्षा से सम्बधित मुद्दो को समन्वित और सामंजस्यपूर्ण तरीके से हल किया जा रहा है इस कार्यक्रम से अलग रक्षामंत्री ने संवाददाताओं से संक्षिप्त बातचीत की पाकिस्तान के बालाकेट में पूर्नजीवित आंतकी ठिकाने पर किसी कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं हमारी सेना पूरी तरह तैयार है सीमा पास से पंजाब मे गिराये गये हथियारों और ग्रेनेड पर रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो भी चुनौतियां हो

श्री मोदी ने उन भारतीय को यह प्रस्कार समर्पित किया जिन्होंने स्वचछ भारत अभियान केा जन आंदोलन मे बदल दिया और अपने दैनिक जीवन मे स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के गरीब लोगों और महिलाओं को इससे ज्यादा फायदा हआ श्री मोदी ने कहा कि इस अभियान ने न केवल करोड़ों भारतीयो के जीवन को बेहतर बनाया है बल्कि इसने संयुक्त राष्ट्र दवारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है

केन्द्रीय उपभोक्ता मामले खादय और सार्वजनिक वितरण मंत्री राम बिलास पासवान ने कहा है कि केन्द्र के पास प्याज का पर्याप्त भंडार है

इसके अलावा राज्यों को अवश्यक्तानुसार प्याज उपलब्ध कराये जायेंगे भारतीय रिज़र्व बैंक ने सोशल मीडिया पर कई व्यापारिक बैंको को बंद करने सम्बधी आ रही रिर्पोटों का निराधार बताया है वित्त मंत्रालय ने भी आरबीआई दवारा कुछ बैंको को बंद किए जाने सम्बधी सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को अफवाह और वेब्नियाद बताया है एक टवीट में वित सचिव राजीव कुमार ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक को बंद करने का सवाल रही पैदा नहीं होता सरकार विलय और सुधारों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको को मजबूत कर रही है

आज नई दिल्ली में देश में राष्ट्रीय डिज़ाइन और उत्पादन विकास केन्द्र स्थापित करेन के प्रस्ताव पर चर्चा हेत् आयोजित मंथन सत्र को सम्बोधित करते हये श्री गडकरी ने कहा कि खादी को देश के य्वाओं के लिए आकर्षक बनाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि उत्पाद डिज़ाइनों को ग्राहक की पंसद और मांग से जोड़ा जाना चाहिए और मौसम की स्थिति जैसी स्थानीय व क्षेत्रीय प्राथमिकता तथा जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए प्रस्तावित डिज़ाइन विकास केन्द्र बाज़ार की मांग के अन्सार खादी संस्थाओं में उत्पाद तैयार करने में सुविधा प्रदानकरेंगे

डिज़ाइन विकास केन्द्र खादी को ग्राहकों का विश्वास हासिल करने में मदद करेगा जबकि खादी और ग्रामोद्योग आयोग का प्रस्ताव देश के उत्तरपूर्वी हिस्सों मे एक डिज़ाइन हाउस स्थापित पश्चिमी उत्तरी व दक्षिणी हिस्सों में भी एक एक डिज़ाइन विकास केन्द्र स्थापित करना है हालांकि इन मुद्दों पर और साथ चल कर रहे मॉडल पर आगे की बैठकों और चर्चा में काम होगा हरियाणा में विधानसभा चूनाव के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा पुलिस महानिदेशक श्री मनोज यादव की अध्यक्षता में आज पृलिस मुख्यालय में छः राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक अंतर्राज्यीय तालमेल बैठक का आयोजन किया गया विधानसभा चनावों के मददेनजर खुफिया जानकारी सांझा कर तालमेल बढ़ाने के उददेश्य से आयोजित की गई इस बैठक में पंजाब राजस्थान उतर प्रदेश हिमाचल प्रदेश दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पृलिस अधिकारियों ने भाग लिया अधिकारियों को संबोधित करते हए पुलिस महानिदेशक श्री यादव ने कहा कि स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करवाने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर तालमेल अत्यंत महत्वपूर्ण है उन्होंने अवैध हथियारों और शराब की आपूर्ति को रोकने के लिए अंतर्राज्यीय नाकों व सीमा क्षेत्र में चौंकियो को मजबूत करने पर जोर दिया च्नाव के दौरान सूचना का आदान प्रदान करने के लिए वरिष्ठ प्लिस अधिकारियों का एक व्हाट्सएप ग्र्प बनाने पर भी सहमति हुई ताकि एक दूसरे के इलाके में गतिविधियों बारे जानकारी रहे

हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा ने सभी मण्डलायुक्तों जिला उपायुक्तों को प्रदेश में किसानों दवारा पराली न जलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं

यह निर्देश श्रीमती अरोड़ा ने आज यहां मण्डलाय्क्तों जिला उपाय्क्तों के साथ आयोजित विडियों कॉफ्रेंसिंग के दौरान दिये उन्होंने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन की जागरूकता के लिए सभी जिलों में मोबाइल पार्टियों के कार्य को शीघ्र पूरा किया जाये ताकि प्रदेश तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदषण को रोकने में सहायता मिल सके

यह टीम शराब की बिक्री व सप्लाई पर विशेष नजर रखेगी